जयराम ठाकुर ने प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए लोगों का सहयोग मांगा और कहा कि भविष्य में भी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यो के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर सहित विधायकगण और अन्य गणमान्य लोगा मौजूद रहे अनिल शर्मा राज्य सरकार द्वारा लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए हर वर्ष पांच सौ करोड़ रूपए का उपदान दिया जा रहा है ताकि लोगों पर अधिक आर्थिक बोझ न पड़े ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने मण्डी में हिम ऊर्जा द्वारा सोलर पावर कार्यक्रम के तहत आयोजित दो दिवसीय मेले के समापन अवसर पर ये जानकारी दी इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रिड से जुड़ी छत पर लगने वाले सोलर पावर प्लांट कार्यक्रम का उददेश्य हिमाचल के युवा उद्यमियों को रोजगार के अवसर दिलाना है उर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता सौर उर्जा का घर में ही उत्पादन कर उसका प्रयोग करने के बाद अतिरिक्त बिजली को विद्युत बोर्ड को दे सकते हैं जिसका उन्हें भुगतान किया जाएगा मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि ग्राम उत्पाद मेलों के माध्यम से गांव के लोगों को अपने उत्पाद के विकास व विस्तार के लिए मंच मिलता है और इससे उनकी आमदनी में भी वृद्वि होती है आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर नाबार्ड द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ग्रम्य उत्पाद मेले के उदघाटन अवसर पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए मारकंडा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीणों की आय वृद्धि और उत्पाद के विपणन के लिए नए विकल्प मिलेंगे कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नियमों में सरलीकरण कर अधिक से अधिक कंपनियों को शामिल करने के प्रयाए किए जाएंगे ताकि लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके सरवीण चौधरी प्रदेश सरकार लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर पूरी तरह सजग है और हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रयासरत है शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने धर्मशाला के दुरगेला में पेयजल योजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के बाद एक जनसभा में ये बात कही

इससे पहले सरवीण चौधरी ने गोजु में केंदीय विद्यालय के संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य की शुरूआत भी की वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने प्रदेश में कर्मचारियों की आउटसोर्स नीति को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ दिए गए बयान को तथ्यहीन बताया है ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री को ऐसे बयान जारी करने से पहले मामले की तथ्यों के साथ जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स के आधार पर कर्मचारी रखने की परंपरा कांग्रेस सरकारों ने ही शुरू की थी रामस्वरूप शर्मा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि केंद्र ने कुल्लू के भुंतर स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तार से यहां बड़े जहाज उतर सकेंगे और दिल्ली भुंतर का किराया भी कम होगा जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि अधिक उड़ाने होने से पर्यटन कारोबारियों को भी फायदा होगा

उपायुक्त ललित जैन ने नाहन में आज बल के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी

उपायुक्त ने बताया कि एनडी आर एफ की एक यूनिट पावंटा में स्थापित करने के लिए मामला राज्य सरकार के साथ उठाया जाएगा ताकि आपदा के समय एनडीआरएफ की सेवाएं तुरंत ली जा सके